मृतकों में छह सेना के जवान और एक महिला शामिल है स्थानीय प्रशासन ने आकाशवाणी को बताया कि राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है

इसके अतिरिक्त भवन मालिक का परिवार और अन्य कर्मचारी भी हादसे के समय इमारत के मलबे में दब गए इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस हादसे पर गहरा द्ख व्यक्त किया है राज्यपाल ने शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति से उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए इस घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं इस बीच हमारे सोलन संवाददाता लक्षमी दत्त शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं कार्यशाला जल जागरूकता को लेकर आज शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे इसके अलावा सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे कार्यशाला का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है

श्रीखंड यात्रा कुल्लू की प्रसिद्ध व धार्मिक श्रीखंड महादेव यात्रा प्रशासनिक तौर पर आज से शुरू हो गई है विधायक किशोरीलाल सागर पहले जत्थे को सिंघाड़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पहली बार इस यात्रा के लिये श्रद्धालु मोबाइल ऐप्प से भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है हालांकि राज्य के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत हल्के बादलों के साथ शुरू हुई है मौसम के इस मिज़ाज से तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आई है जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सोलन के कुमारहट्टी हादसे को सचित्र प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण लिखता है कुमारहट्टी में चार मंजिला मकान ध्वस्त दो की मौत

दिव्य हिमाचल बतौर मुख्यमंत्री लिखता है तमाम मामले की होगी जांच

दैनिक भास्कर की एक खबर है पपरोला से पठानकोट तक चलने वाली दो ट्रेनें रेलवे बोर्ड ने बंद की अमर उजाला लिखता है श्रीखंड यात्रा आज से श्रद्वालु ऐप्प से करा सकेंगे पंजीकरण आपका फैसला बकौल मुख्यमंत्री लिखता है जंजैहली में तीन करोड़ से बनेगा लघ्र सचिवालय अनछुए पर्यटन स्थल होंगे विकसित जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है जंजैहली बनेगा देश का सबसे लोकप्रिय ईको पर्यटन स्थल